अब तक दो सौ बत्तीस लोगों की हो चुकी है मौत और राज्य के दस लाख इकसठ हजार से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित

प्रभावित इलाकों में हेलिकॉप्टर से पहुंचायी जा रही है खाद्य सामग्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की सड़सठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने पर उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक आश्रित को पूरा वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में देने का फैसला लिया है इस व्यवस्था का लाभ आश्रित को उसी स्थिति में मिलेगा जब वह अनुकंपा आधारित नौकरी नहीं लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई यह प्रावधान एक अप्रैल दो हजार बीस से इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक के मामलों के लिए लागू होंगे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि आश्रित अनुकम्पा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो उनको संबंधित सेवानिवृति की तिथि तक अंतिम वेतन हरेक माह विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी उसके बाद सामान्य मिलने वाली पारिवारिक पेंशन दी जाएगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगतार वृद्धि जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सर्वाधिक दो हजार आठ सौ तीन नये मामलों की पहचान की गयी है राज्य में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर छत्तीस हजार तीन सौ चौदह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि शनिवार को पूरे प्रदेश में ग्यारह संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर दो सौ बत्तीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि पटना में पांच सौ छत्तीस नये संक्रमित की पहचान की गयी है जबकि भागलपुर में एक सौ उनचास गया में एक सौ चौंतीस मुजफ्फरपुर में एक सौ चौवन और पूर्णिया में एक सौ बीस नये संक्रमितों की पहचान हयी है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक हजार छह सौ अठासी कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं अब तक चौबीस हजार पांच सौ बीस संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है इसके बाद राज्य में रिकवरी दर सड़सठ दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान पहली बार एक दिन में बारह हजार चार सौ इकसठ सैंपल की जांच की गयी है अब तक चार लाख बयालीस हजार एक सौ पच्चीस सैंपल की कोरोना जांच की जा चूकी है राज्य में एंटीजन किट से जांच की गति में तेजी आयी है और जांच की सुविधा अनुमंडल अस्पतालों में भी शुरू कर दी गयी है प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड के सबसे ज्यादा चार लाख बीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में प्रति दस लाख आबादी पर जांच की संख्या ग्यारह हजार चार सौ पचासी हो गई है इसके साथ ही अब तक करीब एक करोड़ साठ लाख नमूनों की जांच हो चुकी है मंत्रालय के अनुसार देश में जांच प्रयोगशालाओं की तेजी से बढ़ती संख्या का इसमें बड़ा योगदान है जनवरी में जहां देश में केवल एक प्रयोगशाला थी वहीं अब इनकी संख्या एक हजार तीन सौ एक हो चुकी है

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सघन परीक्षण पता लगाने और उपचार की रणनीति को तेज करने की सलाह दी है

आज देश भर में तेरह सौ से ज्यादा सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं आई सी एम आर नई प्रयोगशालाओं आर टी पी सी आर किटों ट्रू नेट टेस्ट सीवी नेट टेस्ट और रेपिनेट एंटीजन किटों को मंजूरी देकर अपनी परीक्षण क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है इसके अलावा भारत लाखों की तादाद में उच्च गुणवत्ता वाले स्वैप का भी उत्पादन कर रहा है वो भी आयतित स्वैप की तुलना में बेहद सस्ते दामों पर हालांकि इन विकास के बावजूद भारत जैसे बडे देश में परीक्षण की पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है इस चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और आई सी एम आर ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त परीक्षण विधियों को शामिल करने को कहा है ताकि परीक्षण की उपलब्यता में सुधार हो सके भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि कोविड उन्नीस का संक्रमण उन लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो या जो संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों

पैंडेमिक एरिया था या फिर उनका ऐसा कॉन्टेक्ट हुआ किसी पेशंट से जो ऑलरेडी पॉजिटीव था या सस्पेक्ट था

राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है यह दिवस उन्नीस सौ निन्यानवे में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था करगिल युद्ध साठ दिन से भी अधिक समय तक चला इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारतीय सैनिकों ने लगभग अठारह हजार फूट की उंचाई पर कठिन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य साहस और बलिदान की गाथा है छब्बीस जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा इधर पटना के गांधी मैदान स्थिति कारगिल चौक पर शहीदों को श्रद्धाजंलि अर्पित की जा रही है राज्य के दस जिलों के सतहत्तर प्रखंडों की पांच सौ सतहत्तर पंचायतों में दस लाख इकसठ हजार से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात लोगों की बाढ़ से मौत भी हो चुकी है राज्य सरकार की ओर से प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री पहुंचाए जा रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डु ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सभी प्रभावित इलाकों में तैनात है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है राज्य के विभिन्न जिलों में चार सौ बाईस सामुदायिक किचेन चलाए जा रहे हैं इसके माध्यम से एक लाख तिरपन हजार से अधिक बाढ़ पीड़ितों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बतया कि दरभंगा में दो सौ इकहत्तर पूर्वी चंपारण में उनतीस पश्चिम चंपारण में सात मुजफ्फरपुर में चालीस गोपालगंज में छियालीस सीतामढ़ी में उन्नीस शिवहर में चार सुपौल और खगड़िया में तीन तीन सामुदायिक रसोईघर चलाया जा रहा है इसके अलावा विभिन्न जिलों में अट्ठाईस राहत शिविर भी लगाए गए हैं इधर दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बाढ़ की स्थिति लगातार खराब हो रही है

बागमती तथा अधवारा समूह की नदियों के उफान से जिले के सदर बहादुरपुर केवटी सिंहवारा हायाघाट हनुमान नगर सहित ग्यारह प्रखंडों की आवादी बाढ़ से प्रभावित है अभी भी नदियों के जलस्तर मे वृद्धि होते रहने से नये इलाकों मे पानी प्रवेश कर रहा है दरभंगा शहर के कयी मुहल्लों के नीचले क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं कल से वायुसेना के हेलीकाप्टर से पानी से घिरे लोगों को सुखा राशन पहुँचाना भी शुरु कर दिया गया है जिलाधिकारी डा त्यागराजन एस एम ने बताया कि बचाव एवं राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है

बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उत्तर बिहार में चलने वाली आधा दर्जन विशेष ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हो गया है जयनगर से समस्तीपुर और समस्तीपुर से वाया मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप है बाढ़ का पानी खतरे के निशान को पार कर दरभंगा और सुगौली में रेलवे ब्रिज के गार्डर तक पानी पहुंच गया है यात्री की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने इन दोनों लाइन पर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन रूट बदल दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावितों को राहत शिवरों में रखे जाने के साथ ही उन्हें छह छह हजार रुपये की सहायता राशि दिये जाने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है गंडक नदी रेवाघाट और ड्मरीघाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है बागमती नदी दरभंगा से सीतामढ़ी तक सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पानी के दबाव के कारण सारण में चार तटबंध टूट गये हैं गोपालगंज के बैकुंठपुर के पास रिटायर्ड बांध भी क्षतिग्रस्त हो गया है जल संसाधन विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तटबंधों के मरम्मती का कार्य युद्धस्तर पर जारी है सभी तटबंधों की निगरानी के लिये होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गयी है इधर कटिहार में गंगा कोसी कारी कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है वहीं मुंगेर और खगड़िया में भी गंगा और ब्रढ़ी गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है लगातार बारिश के बाद पटना में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है मॉनसून की अक्षीय रेखा झारखण्ड के डालटेनगंज से गुजर रही है मौसम विभाग के निदेशक आनंद शंकर ने बताया कि आज पटना सहित आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वजपात की भी आशंका है इधर राज्य में हो रही लगातार बारिश से समय पर धान की रोपनी प्ररी हो गयी है कृषि वैज्ञानिक आर के महतो ने बताया कि समय पर धान की बुआई से फसल तो अच्छी होगी ही वहीं रबी फसल को भी काफी लाभ मिलेगा राज्य में श्रमिकों को काम देने को लेकर नौ लाख इक्यासी हजार तीन सौ चालीस नये जॉब कार्ड बनाये गये हैं इन जॉब कार्ड से मनरेगा के अंतर्गत बारह लाख इक्यावन हजार श्रमिक जुड़े हैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बाहर से आये श्रमिकों के भी बड़ी संख्या में जॉब कार्ड बनाये गये हैं बरसात के बाद बड़े पैमाने पर पौधा रोपण और निर्माण कार्यों में श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे बेगूसराय जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग इकतीस पर देर रात एक सड़क द्र्घटना में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक निजी वाहन के डिवाइडर से टकरा कर पलटने से यह दुर्घटना हुई पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर पुलिस ने एक ट्रक पर लदे तीन सौ इकतालीस कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है कोरोना संक्रमण से मौत होने पर बिहार सरकार परिजनों को देगी सुविधा दैनिक भास्कर का शीर्षक है गोपालगंज में फिर टूटा सारण तटबंध सीवान सारण में घुसा पानी अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर दैनिक जागरण लिखता है राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कोरोना जांच रिपोर्ट में चौबीस घंटे से ज्यादा न लगे आज अखबार की सुर्खी है पटना हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार को शपथ पत्र देने का दिया आदेश

अब तक दो सौ बत्तीस लोगों की हो चुकी है मौत और राज्य के दस लाख इकसठ हजार से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित

प्रभावित इलाकों में हेलिकॉप्टर से पहुंचायी जा रही है खाद्य सामग्री